देश में कोविड नाइन्टीन की जांच एक करोड़ तक पहुंची स्वस्थ होने की दर इकसठ प्रतिशत के आस पास

प्रदेश में कई स्थानों पर बीती रात से हो रही है तेज वर्षा

श्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में संचारी रोग जापानी बुखार और कोविड नाइन्टीन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक में कल कहा कि लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को उन गांवों का दौरा करना चाहिए जहां जापानी बुखार होने की सूचनायें मिली हैं इन गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए और लोगों को उबला हुआ पानी पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उन्होंने गोरखपुर और बस्ती मंडल में कोविड नाइन्टीन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की उन्होंने कहा कि सभी विभागों में कोविड सहायता डेस्क की स्थापना की जानी चाहिए और आगन्तुकों की जांच की जानी चाहिए बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और गोरखप्र तथा बस्ती मण्डल के अधिकारी भी उपस्थित रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर को हटाकर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश में एक प्रघान एक निशान और एक विघान के सपने को साकार किया है उन्होंने कहा कि आज देश का हर नागरिक गर्व करता है कि सभी कानून पूरे राष्ट्र में लागू हो रहे हैं देश में कोविड नाइन्टीन महामारी के बाद से अब तक एक करोड़ नमूनों की जांच की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई पहले प्रतिदिन एक सौ से भी कम नमूनों की जांच की जा रही थी कुछ ही महीनों में इसमें कई गुना वृद्वि हुई यह सब अनुसंधान संस्थान मेडिकल कॉलेज जांच प्रयोगशालाओं मंत्रालयों एयर लाइंस और डाक सेवाओं सहित विभिन्न पक्षों की समर्पित टीम के प्रयासों से ही संभव हुआ पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में तीन लाख छियालीस हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई

पिछले चौबीस घंटों के दौरान पंद्रह हजार तीन सौ पचास लोग स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने की दर साठ दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में कोविड नाइन्टीन से चौबीस हजार दो सौ अड़तालीस नये लोग संक्रमित हुए हैं इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या छह लाख सत्तानबे हजार चार सौ तेरह हो गई है पिछले चौबीस घंटों में देश भर में वायरस से चार सौ पच्चीस लोगों की मृत्यु हुई है संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या उन्नीस हजार छह सौ तिरानबे हो गई है फिलहाल देश में दो लाख तिरपन हजार दो सौ सत्तासी लोगों का इलाज हो रहा है

बत्तीस देशों के दो सौ उन्तालीस वैज्ञानिकों ने शोध के बाद कहा था कि यह संक्रमण हवा में मौजूद कणों के माध्यम से फैलता है उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस सम्बंध में नए दिशा निर्देश जारी करने की अपील की थी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट किया है कि उसे हवा के माध्यम से इस वायरस के फैलने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने लोगों से पूरी सुरक्षा बरतने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि हवा के जरिए फैलने वाला संक्रमण भी वायू में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता श्री मांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही कोविड संक्रमण के सम्पर्क में आने की आशंका महत्वपूर्ण रूप से कम की जा सकती है

रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा करके उर्वरक का पर्याप्त भंडार तैयार किया गया है

उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी

गोरखप्र और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश होने से पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भी कल रात से तेज बारिश होने के समाचार हैं इससे धान की फसल को फायदा होगा जिससे किसान खुश हैं प्रयागराज कौशाम्बी और फतेहपुर में कल से हल्की बूंदा बादी हो रही है भदोही में भी बीती रात से रूक रूक कर वर्षा होने के समाचार हैं

देश के कई भागों में बिजली गिरने से लोगों की जान जाने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एनडीएमए के सदस्य कृष्ण वत्स ने बिजली गिरने के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी बहुत लोग वृक्ष के नीचे खड़ेहो जाते है और उससे खतरा बढ़ जाता है जब वृक्ष के आसपास वजपात होने की संभावना औरज्यादा हो जाती है बस लेट जाना जमीन पर और नहीं तो दूसरी कहीं अलग बगल में किसी इमारतमें संरक्षण लेना ये मुख्य रपाय हैं खुले मैदान में थोड़ा उससे बचना चाहिए कोई वैसी एक्टीविटीहो रही है आकाश में दिख रहा है कि वज्रपात होने की संभावना है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर लोक कल्याण की कामना की श्री योगी ने नगर स्थित मानसरोवर मंदिर में भी भगवान महादेव की पूजा अर्चना की वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हए श्रद्वालओं ने भगवान शिव का दर्शन पूजन किया कोरोना महामारी के कारण मंदिरों में भीड़ भाड़ नहीं जुटी और अधिकांश लोगों ने घरों में रहकर ही पूजा पाठ किया उधर उत्तराखंड में पुलिस ने कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर कांवड़ मेला स्थगित करने की सूचना जारी की है उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा संभव नहीं है

अपराधी को पकड़ने के लिये कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं उधर कानपुर के थाना चौबेपुर के अन्तर्गत बिकरू गांव में हुए इस हत्याकाण्ड के मामले में कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित किया गया है पुलिस महानिरीक्षक कानपुर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली सन्देहजनक पाई गई उन्होंने बताया कि पच्चीस थानों की चालीस टीमें विकास दुबे की तलाश में लगी हैं गौरतलब है कि अपराधी विकास दुबे के घर पर दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में एक क्षेत्राधिकारी तीन उपनिरीक्षकों और चार सिपाहियों की मौत हुई थी ऐसा माना जाता है कि अपराधियों को पुलिस दबिश की सूचना पहले मिल जाने के चलते उन्होंने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया था

उपायुक्त उद्योग विनोद क्मार चौधरी और जिला उद्योग अधिकारी ने माटी के शिल्पकारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक प्रदान किए उपायक्त ने कहा कि सरकार कम्हारों को प्रशिक्षित कर सस्ते ऋण के साथ इलेक्ट्रॉनिक चाक उपलब्ध करा रही है जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके